प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को सर्वसम्मति से श्री सोमनाथ मंदिर न्यास का अगला अध्य क्ष चूना गया है यह न्यास गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन नगर में स्थित विश्वर प्रसिद्व सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करता है श्री मोदी को श्री सोमनाथ न्यास की वर्चुअल माध्यम से हुई बैठक में अध्यक्ष पद के लिए चूना गया प्रधानमंत्री भी इस बैठक में मौजूद थे बैठक में न्यास के पूर्व अध्यक्ष दिवंगत केशुभाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की उन्होंने आगे के मार्गदर्शन के लिए सर्वसम्मति से प्रधानमंत्री को न्यास का अगला अध्यक्ष चूना प्रधानमंत्री ने यह दायित्व स्वीकार किया और सोमनाथ मंदिर न्यासी समूह के प्रयासों की सराहना की केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होने वाली पूर्व निर्धारित वार्ता अब कल नई दिल्ली में होगी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

इस गतिरोध को हल करने के लिए चार सदस्यीय पैनल भी नियुक्त किया गया था शेतकरी संगठन के अनिल घनवत कृषि अर्थशास्त्री प्रमोद कुमार जोशी और अशोक गुलाटी और भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष भूपिंदर सिंह मान उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के चार सदस्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में बनने वाले देश के सबसे बड़े ट्राइबल म्यूजियम का उदघाटन कर सकते हैं यह जानकारी कल आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल दी श्री मुंडा ने कल रांची के पुराने जेल में बन रहे इस संग्रहालय का निरीक्षण कर निर्माण कार्या का जायजा लिया उन्होंने कहा कि इस संग्रहालय के माध्यम से अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा के अलावा जल जंगल और जमीन को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले जनजातीय समाज के अन्य शहीदों के बारे में नयी पीढ़ी को लाइट एंड साउंड और चित्रों के माध्यम से जानकारी भिल पाएगी निर्माण कार्या का जायजा लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि यह भगवान बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण स्थान है अमर शहीद बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की लड़ाई में रांची के इसी पुराने जेल में अंतिम सांस ली थी ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमो ान सोसाइटी के तहत संचालित जोहार एग्री मार्ट राज्य के किसानों के लिए लाभदायाक साबित हो रही है इस परियोजना के जरिए ग्रामीण परिवारों को उत्पादक समूह एवं कंपनियों से जोड़कर उन्नत खेती पशुपालन मत्स्य पालन सिंचाई लघु वनोपज इत्यादि गतिविधियों के द्वारा उनकी आय में गुणात्मक बढ़ोतरी के कार्य हो रहे हैं जोहार एग्री मार्ट इसके तहत एक अभिनव पहल है

उत्पादक समूह से जुड़े हजारों किसानों के अलावा आम किसानों को भी खाद बीज एवं अन्य कृषि सामाग्री खरीदने के लिए दूर बाजार नहीं जाना पड़ता है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 उन्होंने कहा कि इस नीति से छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा मिलने के साथ ही उन्हें व्यावसायिक गतिविधियों को लिए प्रोत्साहन मिलेगा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

पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस खबर को फर्जी करार दिया है

वहीं कल दो हजार नौ सौ चौसठ स्वास्थ्यकर्भियों को वैक्सीन की पहली डोज दी गई इधर कल लगाए गए दो हजार नौ सौ चौसठ लोगों में आठ एडवर्स इफेक्ट फोलोइंग इम्यूनाइजे ान के मामले आए

इन लोगों को टीका लगने के बाद चक्कर आना बुखार और रक्तचाप बढ़ने की समस्या आई स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों के अनुसार आधे घंटे के बाद सभी स्वस्थ होकर घर चले गए झारखंड में कोरोना वायरस के खिलाफ छह हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्भियों को कोविील्ड टीका लगाया गया है टीकाकरण अभियान आज भी जारी रहेगा

उन्होंने बताया कि दिल्ली में तीन लोग अस्पताल में भर्ती हुए जिनमें से दो लोगों को छुट्टी दे दी गई जबकि एक को निजी अस्पताल में रखा गया है उत्तराखंड में एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसकी हालत स्थिर है और ऋषिकेश एम्स में उसकी जांच की जा रही है कर्नाटक में अस्पताल में भर्ती होने के दो मामले सामने आए हैं उन्होंने बताया कि दो लोगों की मृत्यु हुईं जिनमें से एक उत्तर प्रदेश और एक कर्नाटक से थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के निवासी की मौत टीकाकरण से नहीं हुई है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कल देर भााम नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित भााह से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने श्री भााह को झारखंड में कोरोन काल के हालात उस पर नियंत्रण के प्रयासोंमौजूदा स्थिति और कोरोना टीकाकरण की जानकारी दी

और राज्य में कोयला खनन से होने वाले परे ानियों पर विस्तार से चर्चा की उन्होंने राज्य में कोयला खनन कर रही कम्पनियों के यहां बकाये का मुददा भी उठाया वहीं केन्द्रीय मंत्री ने श्री सोरेन से कोल ब्लॉक नीलामी में सहयोग करने की अपील की मुख्यमंत्री कल कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेसी नेता राहूल गांधी के साथ भी मुलाकात की झारखंड में सोमवार को एक सौ कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

मृतकों में बोकारो से दो रांची और धनबाद से एक एक मरीज शामिल हैं

इनमें एक हजार एक सौ नब्बे सक्रिय केस हैं जबकि एक लाख पन्द्रह हजार पांच सौ बियालीस मरीज ठीक हुए हैं अब तक राज्य में एक हजार चौवन लोगों की मौत कोरोना से हुई हैं

रांची समेत राज्य में अभी दो दिन कड़ाके की ठंड से राहत मिलेगी इसकी वजह न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है

भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में दो दिन बाद उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाएं चलने लगेंगी जिससे ठंड में एक बार फिर इजाफा होने के आसार हैं

आज राज्य के सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन और केन्द्रीय गृहमंत्री अभित भााह के बीच हुई मुलाकात की खबर को प्रमुखता से प्रकाप्रित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है ऑपरे ान कमल क्या होता है राज्य में है हमारी मजबूत सरकार दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की राहुल गांधी और सोनिया से मुलाकात की खबर के साथ श्री राम मंदिर का निर्माण की खबर को अपने अखबार की सुर्खी बनाई है

दैनिक हिंदुस्तान ने उधोग उर्जा उत्पादी विभाग की बारह सेवाएं समयबद्ध होंगी भीर्शक को अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है

द टाईम्स ऑफ इंडिया ने कोरोना वैक्सीन लगने के बाद हुए असर की खबर को अपनी अखबार की सुर्खी बनाई है